अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत एसबीआई के पास अपराधियों की गोलीबारी में दारोगा मिथिलेश कुमार साह और हवलदार फारूख अहमद शहीद हो गये वहीं एक अन्य घायल जवान रजनीश का पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि स्टेट बैंक के पास कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आये हुए हैं इसी आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी भागने के दौरान अपराधियों ने पुलिसकर्मियों की एक एके सैंतालीस राईफल और एक पिस्टल भी लूट ली सारण के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले की सीमा को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी के साथ ही वाहनों की तलाशी ली जा रही है शहीद दारोगा भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना के नागोपुर गांव के रहने वाले थे इधर अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि शहीद दारोगा और हवलदार के परिजनों को दस दस लाख रूपये की सहायता राशि और उनके एक एक आश्रितों को नौकरी दी जायेगी दोनों शहीदों का शव आज पटना पुलिस लाईन लाया जायेगा जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जायेगी जम्मू कश्मीर के प्रंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में लांसनायक रविरंजन कुमार सिंह शहीद हो गये वे सासाराम जिले के डिहरी थाना क्षेत्र के गोपीबिगहा के रहने वाले थे सेना ने कहा है कि लांसनायक रविरंजन कुमार सिंह काफी बहादुर समर्पित और देशभक्त सिपाही थे उनके सर्वोच्च बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया जायेगा जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा एके सैंतालीस राईफल और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है नोटिस जारी होने के साथ ही देश के सभी हवाई अड्डों रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों को अलर्ट जारी कर दिया गया है इधर एसआईटी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने विधायक के करीबी लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती की इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया हालांकि पुलिस के कड़े रूख को देखते हुये लोग पीछे हट गये कुर्की करने पहुंची पुलिस टीम के समक्ष लल्लू मुखिया के भाई रणवीर यादव ने आत्म समर्पण कर दिया जिसके बाद उससे लम्बी पूछताछ की गयी सूत्रों ने बताया कि इस दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं इधर एसआईटी अनंत सिंह की सम्पत्ति जब्त करने की भी तैयारी कर रही है सूत्रों के अनुसार पुलिस टीम को विधायक की अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति का पता चला है एसआईटी जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को सौंपेगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने पटना के पाटलिपूत्र स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से सैंतीस लाख रूपये से अधिक की विदेशी सिगरेट जब्त की है ट्रेन के पार्सल वैन से ये बरामदगी हुई है डीआरआई के सूत्रों ने बताया कि तस्करों ने सिगरेट की यह खेप दिल्ली के लिए बुक कराई थी दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनी विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर पटना उच्च न्यायालय ने सभी जिला और सत्र न्यायालयों में विशेष अदालत निर्धारित कर दिया है अब इन अदालतों में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जायेगी जो कानूनी मामले के त्वरित निपटारे में सहयोग करेंगे निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी ने ये जानकारी दी पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रछा है कि उसकी शिक्षा नीति क्या है एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया पीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि बोर्ड सिर्फ प्रमाण पत्र बांटने वाली संस्था बन कर रह गयी है सरकार की लोक वित्त समिति ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपने की मंजूरी दे दी है अब नगर विकास विभाग ने इसे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को भेज दिया है सरकार से बिना निविदा के आधार पर काम डीएमआरसी को दिये जाने की प्रशासनिक अनुमति मांगी गयी है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव सुपौल के बलुआ बाजार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री की अंत्येष्टि में शामिल होंगे डॉक्टर मिश्र का पार्थिव शरीर मुजफ्फरपुर दरभंगा और झंझारपुर होते हुये सुपौल ले जाया जा रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के दो हजार चार सौ छियालीस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार दारोगा के दो हजार चौंसठ और सार्जेंट के दो सौ पन्द्रह पदों पर नियुक्ति होगी वहीं कारा विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक के एक सौ सड़सठ पदों पर नियुक्ति की जायेगी इसमें सहायक जेल अधीक्षक के बयालीस पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं आवेदन प्रक्रिया बाईस अगस्त से शुरू हो रही है विशेष जानकारी आयोग की वेबसाईट बीपीएसएससी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए सत्ताई अगस्त से आवेदन किया जा सकेगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि छब्बीस सितम्बर तक आवेदन लिये जायेंगे मेधा सूची का प्रकाशन नौ अक्टूबर को होगा इस पर इक्कीस अक्टूबर से चार नवम्बर के बीच अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियों के निराकरण के बाद पन्द्रह नवम्बर को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होगा वहीं अठारह से बाईस नवम्बर के बीच काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीतामढ़ी जिले को प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला होने का गौरव हासिल हुआ है

जिले के सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है

आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कुख्यात विकास झा के फरार होने के मामले में बिहार पुलिस और होमगार्ड के दो दो जवानों को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

वैशाली जिले के गोरौल बाजार में अपराधियों ने देर रात एक चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सारण के मढ़ौरा में दो पुलिसकर्मियों की हुई हत्या से जुड़ी खबरों को प्रमुखता प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है मुठभेड़ में दारोगा और जवान शहीद एसआईटी को हथियार निकालने को मौका तक नहीं मिला दैनिक जागरण ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है आईजीआईएमएस के जैसे पीएमसीएच भी होगा स्वायत्त प्रभात खबर की सुर्खी है एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में बिहार का लाल शहीद दैनिक भास्कर ने लिखा है आरा कोर्ट बम बलास्ट में लम्बू को फांसी की सजा सात को उम्रकैद राष्ट्रीय सहारा ने आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है मुश्किल में चिदम्बरम लटकी गिरफ्तारी की तलवार आज की सुर्खी है मदरसों में भी होगी अनुकंपा पर नियुक्ति

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी